विपक्षी दल तेलग् देशम पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में चर्चा के लिये मंजूर कर लिया गया था चार साल पुरानी एनडीए सरकार के खिलाफ यह पहला अविश्वास प्रस्ताव है सरकार को अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिये दो सौ सडसठ वोटों की जरूरत है

ये विधेयक अप्रैल में जारी इसी आशय के अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक में सरकार को अपराध से अर्जित संपत्ति धोखेबाजों की संपत्ति तथा बिना कर्ज चुकाए देश छोड़कर भागने वाले अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया गया है वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक आज के समय की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि सरकार कर्ज न चुकाने वाले बड़े व्यापारियों को कानून के दायरे में लाना चाहती है

इस विधेयक में सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देना एक अपराध बना दिया गया है और इस अपराध के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है विधेयक में रिश्वत देने को प्रत्यक्ष अपराध माना गया है रिश्वत देने के लिए मजबूर किए जाने वाले व्यक्ति को अधिकारियों को सात दिन के भीतर सूचना देने की स्थिति में इस कानून के दायरे से मुक्त रखा जाएगा सदन में हुई बहस का जवाब देते हुए कार्मिक और लोक शिकायत मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इस कानून में भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक व्यवस्था की गई है

उन्होने कहा कि परीक्षा अनिवार्य करने और फेल न करने की व्यवस्था खत्म करने का कानून बनने से राजस्थान की इस संबंध में हुई पहल पर देशभर की एक तरह से मोहर लगी है श्री देवनानी ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा में इस कानून का सकारात्मक असर आएगा

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार गोपालदास नीरज का कल शाम दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया

उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए भी अनेक गीत लिखे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गोपाल दास नीरज के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है